बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के सरकार के प्रयासों की कड़ी में इन परियोजनाओं को अगले पांच वर्ष में पूरा किया जायेगा

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में एक सौ लाख करोड़ रुपये निवेश की बात कही थी इसके अनुरूप एक कार्यबल का गठन किया गया है देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत आज अपना कार्यभार संभालेंगे वे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाये रखने और प्रधान सैन्य सलाहकार की भुमिका निभायेंगे इससे पहले कल जनरल रावत थल सेना अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए नये सेना प्रमुख जनरल मनोज मुक़न्द नरवणे ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि आतंकवाद को राष्ट्र नीति के रूप में इस्तेमाल करने से पडोसी देश को बार बार इंकार करना अधिक समय तक नहीं चल सकता

टिड्डियों के भारी प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को मुफ्त में कीटनाशक मुहैया कराने की व्यवस्था की है र्जेसलमेर जिला कलेक्टर ने बताया कि किसान पौध संरक्षण रसायन कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं की सिफारिश पर पास की क्रय विक्रय सहकारी समिति और ग्राम सेवा सहकारी समिति से निःशल्क प्राप्त कर सकेंगे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाए दी है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नये साल की मुबारकबाद देते हुए प्रदेश में खुशहाली की कामना की है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि नववर्ष सभी के लिए मंगलमय हो प्रदेश में शीत लहर और न्यूनतम तापमान के कम रहने से कड़ाके की सर्दी जारी है राज्य में राजधानी जयपुर सहित करीब एक दर्जन स्थानों पर न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज होने शीत लहर के चलने और कोहरे की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है